प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देशवासियों को तंदुरूस्ती का एक मंत्र दिया जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आहवान किया फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इस मंत्र में समी का स्वास्थ्य समी का सुख छिपा हुआ है

प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंद्रूस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंद्रूस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुमव साझा किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया ऐज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोमन फुटबाल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की आज का ये डिस्काशन हर आयु वर्ग के लिए और मिन्न मिन्न रुवि रखने वालों के लिए भी बहुत ही चपयोगी होगा फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनीवर्सी पर मैं समी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं एक साल के भीतर भीतर ये फ्रिटनेस मुकमेंट मुकमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मुकमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है देश में हैत्थ और फिटनेस को लेकर निरतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है श्री मोदी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने तंद्रूस्ती के बारे में अनेक लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने लिए कई मोर्चो पर काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ब्रिटेन और अमरीका जैसे कई देशों में व्यापक स्तर पर फिटनेस अभियान चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर से अमिभावक हमें सभी अच्छी आदतें सिखाते हैं लेकिन तंदुरूस्ती के मामले में ऐसा नहीं है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए युवा अपने अभिमावकों की मदद कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ध्यान व्यायाम सैर दौड़ स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवायोजना का महत्वपूर्ण अंग है इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे उन्होंने कहा कि नए कानून के बन जाने से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में और अधिक स्वतंत्र होंगे और उन्हें आर्थिक लाम होगा श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडी को हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की जमीन से कोई संबंध नहीं होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि संबंधित बिलों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो बिल पास किये हैं उससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा है उन्होंने कहा कि देश का किसान दशकों से इसकी मांग करता रहा है पिछली सरकारों ने घोषणाएं तो की लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस फैंसला नहीं लिया

उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करने के लिये भी कहा

उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन सौ या इससे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले वहां संक्रमण नियंत्रण के लिये विशेष रणनीति अपनाई जाये इन जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किये जाये जिसमें प्रत्येक नोडल अधिकारी के साथ एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी भी तैनात होगा मुख्यमंत्री ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिये कहा

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों पर ही रहकर त्यौहारों को मनाये प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पिछले एक सप्ताह से राज्य में उपचारित होने वालों की संख्या कोरोना के नये मरीजों की अपेक्षा ज्यादा है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

इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में चारों ओर विकास हो रहा है इस अवसर पर श्री मौर्य ने अमरोहा हसनपुर मार्ग का नाम अतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम पर करने की घोषणा की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु के निधन पर द्ख व्यक्त किया है और इसे राष्ट्र की बड़ी क्षति बताया है श्री कोविंद ने कहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बसू परमाणु विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पनडुबी अरिहंत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बसु ने भारत को परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है कृषि विशेषज्ञों द्वारा वर्षा को धान सहित अन्य फसलों के लिये लामदायक बताया जा रहा है लेकिन तेज हवाओं के कारण फसलों के गिरने से नुकसान भी हुआ है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की है